दिल्ली सरकार ने निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले के दोषी पवन गुप्ता की दया याचिका खारिज करने की सिफारिश की है

पूर्वी क्षेत्र हैंड बॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज झारखंड का मुकाबला मेजबान बिहार से वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने झारखंड विधानसभा में आज विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त वर्ष दो हजार बीस इक्कीस के लिए छियासी हजार तीन सौ सत्तर करोड़ का बजट पेश किया इसमें तेरह हजार करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए और तिहतर हजार तीन सौ पंद्रह करोड़ रुपये राजस्व व्यय के लिए है इस बजट में अगले वित्त वर्ष के लिए सात दशमलव दो प्रतिशत विकास दर रहने का अनुमान जताया है वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि जनता ने उन्हें सरकार बनाने का मौका दिया है हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार जन आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी इस बजट में छात्राओं को मुफ्त तकनीकी शिक्षा देने मोबाइल पश् चिकित्सा क्लिनिंक शुरू करने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभूकों को पचास हजार रुपये की अतिरिक्त राशि देने पवास हजार परिवारों को आजीविका से जोड़ने जनजातीय विश्वविद्यालय खोलने झारखंड आवासीय विद्यालय का निर्माण कराने पचास प्रखंडों में कलस्टर योजना की शुरूआत करने बीपीएल और एपीएल परिवारों को स्वास्थ्य बीमा तथा आठ लाख तक सालाना आय वालों को मुफ्त इलाज की सुविधा देने डेढ़ लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने हर जिले के एक विद्यालय को उत्कृष्ट विद्यालय बनाने के लिए दो सौ चालीस करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है

दिल्ली सरकार ने निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले के दोषियों में से एक पवन गुप्ता की दया याचिका खारिज करने की सिफारिश की है केन्द्रीय गृह मंत्रालय से दया याचिका मिलने के कुछ भिनट बाद ही यह सिफारिश की गई और फाइल उपराज्यपाल को भेज दी गई केन्द्रीय गृह मंत्रालय को पवन ग्प्ता की दया याचिका कल भिली थी याचिका राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द को भेजी जाएगी दिल्ली की अदालत ने कल निर्भया सामूहिक दुष्कर्म मामले के चारों दाषियों की फांसी अगले आदेश तक स्थगित कर दी बोकारो जिले की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के उद्यमी अपने उत्पादों का निर्यात कर सकेंगे

राज्य के खूंटी और गिरिडीह जिले में नये मेडिकल कॉलेज खोले जायेंगे इन दोनों जिलों के सदर अस्पताल को संबद्ध करते हुए मेडिकल कॉलेज बनाये जायेंगे राज्य सरकार ने इससे संबंधित प्रस्ताव मंजूरी के लिए केंद्र को भेज दिया है इसके अलावा लोहरदगा गढ़वा गोड्डा चतरा कोडरमा बोकारो खूंटी और रामगढ़ जिले में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जायेगी इन नर्सिंग कॉलेज का संचालन पीपीपी मोड पर किया जायेगा सरकार ने सात जिलों के हाट बजारों में चलंत क्लिनिक के माध्यम से ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला लिया है इन जिलों में सिमडेगा गुमला लोहरदगा ख्रंटी चाईबासा साहिबगंज और पाकुड़ शामिल हैं इन आदिवासी बहूल इलाको में पदस्थापित चिकित्सक और पारा कर्भियो को अतिरिक्त लाभ देने पर भी सरकार विचार कर रही है राजधानी रांची के बरियातू थाना स्थित मोरहाबादी में बीती शाम भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम सागर मुंडा की अपराधियों ने गोली मार कर हत्या कर दी घटना की जनकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गयी है अंतराष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और विभिन्न विभागों के सहयोग से अभियान चलाया जा रहा है एक से आठ मार्च तक चलनेवाले इस अभियान के तहत हर दिन किसी एक विषय पर कार्यक्रम का आयोजन होगा इस सिलसिले में आज का थीम है महिला सशक्तिकरण हमारे जमशेदपुर संवाददाता ने महिला सशक्तिकरण को लेकर सुरंजना जी से बातचीत की

इस अवसर पर टाटा स्टील मुख्य द्वार पर जमशेद जी की प्रतिमा पर टाटा ग्रूप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक टी वी नरेंद्रन कौशिक चटर्जी डॉ जे जे ईरानी डॉ टी मुखर्जी सहित अधिकारी एवं यूनियन के नेता कर्मचारी अपनी भावमीनी श्रद्दांजलि की जयंती को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं इसमें झांकी खेलकूद प्रश्नोत्तरी सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि शामिल हैं इसके साथ ही पूरे शहर की आकर्षक विद्युत सजावट की गयी है हजारीबाग जिले में विनोबा भावे विश्वविद्यालय में इन दिनों राष्ट्रीय एकता शिविर लगाया गया है केंद्रीय युवा कार्य खेलकृद एवं संस्कृति मंत्रालय के तहत कार्य करने वाली राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से आयोजित इस शिविर में कई विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी भाग ले रहे हैं इस शिविर में आयोजित हो रहे विभिन्न कार्यक्रमों में एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक देखने को मिल रही है पूर्वी क्षेत्र हैंड बॉल चैंपियनशिप के फाइनल में झारखंड ने अपनी जगह बना ली है बिहार के सारण में खेले जा रहे इस चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में झारखंड ने मणिपूर को आसानी से पराजित कर दिया इससे पहले क्वार्टर फाइनल में झारखंड ने ओड़िशा पर जीत दर्ज की थीं फाइनल में झारखंड का मुकाबला मेजबान बिहार से आज होगा

तेल विमानन कंपनियों ने कल ईंधन के दाम में दस प्रतिशत तक की कटौती की है

भारतीय जनता पार्टी के नये प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश कल पदभार ग्रहण करेंगे